ग्राम शहरीकरण अभियान के आज चार वर्ष पूरे झारखंड में इस मिशन के तीसरे चरण के तहत पंद्रह क्लस्टरों का चयन जहां मिलेंगी षहर जैसी सुविधाएं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि वन संरक्षण एवं वनोउत्पाद के माध्यम से लोगों के लाभ तथा रोजगार की दिशा में सरकार बजट सत्र के बाद तेज गति से कार्य करेगी उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों का जंगल के साथ घनिष्ट संबंध है वनों पर आधारित उद्योग से सुदूर ग्रामीण तथा वन आच्छादित क्षेत्रों के आदिवासी सहित सभी वर्गों के लोगों को जोड़कर उन्हें लाभान्वित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस अवसर पर कल्याण विभाग की सचिव हिमानी पांडे संस्थान के निदेशक रणेंद्र क्मार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन यानी ग्राम शहरीकरण अभियान ने आज चार वर्ष प्रे कर लिये हैं प्रधानमंत्री ने इस मिशन का शुभारंभ इक्कीस फरवरी दो हजार सोलह को छत्तीसगढ़ के राजनाथगांव जिले में किया था इसका उद्देश्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ऐसे ग्राम समूहों को विकसित करना है जिनसे समूचे क्षेत्र में चहुमुखी विकास का रास्ता खुलेगा उद्वाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था कि इस मिशन का शुभारम्भ देश के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने के लिए किया गया है

ग्रामीण विकास सचिव राजेश भूषण ने आकाशवाणी से खास बातचीत में इस मिशन के उद्देश्यों के बारे में बताया

इनमें चतरा जिले के टंडवा प्रखंड का सरादू क्लस्टर भी शामिल है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

उनतीस एकड़ भूमि में फैला नया सेना मुख्यालय मानेक शॉ सेंटर के निकट बनाया जायेगा

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रालय के तहत सभी मीडिया इकाईयों को सूचना और प्रसारण टीम के रूप में कार्य करने को कहा है वे आज सवेरे हैदराबाद में मंत्रालय की दक्षिण क्षेत्र की मीडिया इकाईयों के अधिकारियों के दो दिन के सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित कर रहे थे इससे पहले सूचना प्रसारण सचिव रवि मित्तल ने बदलते समय में विषयवार संचार की आवश्यकता पर जोर दिया इस अवसर पर आकाशवाणी और प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने प्रभावी प्रचार अभियानों के लिए सहयोगपूर्वक कार्य करने को कहा पत्र सुचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक क्लदीप धतवालिया ने भी कहा कि सभी मीडिया इाकईयों को अलग अलग काम करने की बजाय आपसी तालमेल से काम करना चाहिए

आज महाशिवरात्रि है पूरे देश में यह पर्व परम्परागत आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है राज्यभर के षिवालयों में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं रांची के पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पहाड़ी मंदिर पहुंचकर भक्तों को महाषिवरात्रि की षुभकामनाएं दीं उन्होंने पहाड़ी मंदिर परिसर से निकली षिव बारात और झाकियों को परंपरागत तरीके से विदा किया इस अवसर पर रांची के सांसद सजय सेठ विधायक सीपी सिंह और कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय भी मौजूद थे इधर देवघर के बाबा मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी रही उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने लगातार मंदिर रूट लाईन क्षेत्र का निरीक्षण किया और श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए आवष्यक दिषा निर्देष दिये

इधर गुमला जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर बुढ़वा महादेव सहित अनेक शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजन और दर्शन के लिए पहुंचे खूंटी जिले के प्रसिद्ध बाबा आमरेश्वरधाम में भी जलाभिषेक करने के लिए भक्त सुबह से ही जुट रहे वहीं कोडरमा जिले के ध्वजाधारी धाम में आज से दो दिवसीय षिवरात्रि मेले की शुरूआत हुई इसका उद्घाटन सांसद अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव ने किया केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में संयुक्त रूप से तीन दिवसीय राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्घाटन किया इस महोत्सव का उद्देश्य जैविक बाजार को मजबूत करना और जैविक उत्पादों की तैयारी में लगी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है बोकारो जिले के किसान पारंपरिक खेती के स्थान पर अब वैज्ञानिक विधि से खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं

इसका आकाशवाणी तथा द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर सीधा प्रसारण होगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसका आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण होगा

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज के पहले मैच के पहले दिन पांच विकेट पर एक सौ बाईस रन बना लिए हैं चायकाल के दौरान हुई बारिश के बाद तीसरे सेशन का खेल नहीं हो सका और पहले दिन सिर्फ पचपन ओवर का ही खेल हआ अजिंक्य रहाणे अड़तीस और ऋषभ पंत दस रन बनाकर नाबाद हैं इनके अलावा मयंक अग्रवाल चौंतीस पृथ्वी शॉ सोलह चेतेश्वर पुजारा ग्यारह विराट कोहली दो और हनुमा विहारी सात रन बनाकर आउट हुए

संक्षिप्त खबरें पलामू जिले में पुलिस ने छतरपुर थाना क्षेत्र से वाहनों की लूटपाट में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है